खंडवा में आज से शुरू होगा पिंक सप्ताह पहले दिन साइकिल रैली के जरिए मतदाताओं को किया जायेगा जागरूक

स्थापना दिवस के मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे इसके अंतर्गत सुबह नौ बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा साथ ही राष्ट्रगान होगा इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे कार्यक्रम का समापन मध्यप्रदेश गान से होगा इस मौके पर राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में संस्कृति विभाग द्वारा दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है पहले दिन उत्सव की शुरूआत पारम्परिक नृत्यों से होगी

प्रदेश के सभी जिलों में भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं

उधर धार में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सिंह ध्वजारोहण करेंगे जबलपुर में भी स्थापना दिवस धमधाम और उत्साह के साथ मनाया जायेगा मुख्य समारोह पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित किया गया है दोपहर डेढ़ बजे से उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हाल में भी स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता होंगे गुना में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रगतिशील सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तीन एजेंडे हैं ये हैं विकास तेज गति से विकास और सभी के लिए विकास श्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान विकास से संबंधित अपनी रणनीति पर जोर देते हए उनसे इस एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया श्री मोदी ने कांग्रेस की यह कहकर आलोचना की कि उसने अपनी सत्ता के दौरान एक रैंक एक पेंशन योजना लागू नहीं की प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे दावे करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की भी कड़ी आलोचना की अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट के बिना गांव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना असंभव काम था लेकिन अब वाई फाई और ऑन लाइन अध्ययन की सुविधा हो जाने से यह संभव हो गया है

परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कारोबार व्यवसाय औद्योगिक उपकरण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर हो अथवा आकस्मिक श्रेणी का श्रमिक हो उसे मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जाये

श्रम आयुक्त ने परिपत्र में यह भी उल्लेख किया है कि ऐसा श्रमिक जो ऐसे उद्योग या स्थापना में कार्यरत है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं उस श्रमिक को भी मतदान में भाग लेने के लिये सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी कलेक्टर्स से परिपत्र का पालन सुनिश्चित किये जाने के लिये कहा गया है मतदाता जागरूकता प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं खंडवा में आज से पिंक सप्ताह आयोजित किया जायेगा इस दौरान मतदाताओं को मतदान प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे पिंक सप्ताह के पहले दिन आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है ये रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर नगरनिगम कार्यालय पर सम्पन्न होगी इसके अलावा पिंक सप्ताह के दौरान किकेट मैच तंबोला म्यूजिकल चेयर रेस बॉस्केटबाल खो खो और कबडडी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जायेंगी उधर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित कोल माइंस के स्टेडियम में कल शाम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये गुना में आज बाइक रैली का आयोजन किया गया है स्थानीय संजय स्टेडियम से शुरू होने वाली इस रैली में जिला कलेक्टर विजय दत्ता ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की है राजभवन ई आफिस राजभवन में ई आफिस व्यवस्था को प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर कल से लागू किया जा रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर राजभवन में अब कम्प्यूटर के माध्यम से फाईलों का मूवमेंट होगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई आफिस व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा चुका है

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फ्लेक्सी किराया समाप्त हो जाने से यात्रियों और रेलवे दोनों को लाभ होगा